इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र शिमला के रिज मैदान पर स्थित डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे बाद में राज्य स्तरीय समारोह शिमला के पीटरहॉफ में होगा जहां मुख्यमंत्री समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे विधानसभा परिसर में भी डॉ परमार की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे इस बीच डॉक्टर परमार के गृह ज़िला सिरमौर के धौलाक़ंआ में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आई आई एम परिसर की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला से कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे

राष्ट्रपति आश्वासन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर घाटी में शहीद हुए कांगड़ा जिला के मेजर अनुज सूद के पिता की याचिका पर समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है शहीद के पिता ने एक जन याचिका के माध्यम से सरकार को शहीदों की कूर्बानी के सम्मान में उचित नीति बनाने का अनुरोध किया था ये मामला सांसद किशन कपूर ने राष्ट्रपति के समक्ष एक पत्र के माध्यम से उठाया है

उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि यह एक ऐहतिहासिक उपलब्धि है और सरकार आखिरी स्तर तक वित्तीय समावेशन का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड संक्रमण के दौर में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी मदद का एक एक पैसा पहुंचाने के लिए वित्तीय तंत्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाया है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

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है केन्द्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों का तैयार होगा डाटाबेस अमर उजाला का शीर्षक है गो संरक्षण को शराब की बोतल पर अब डेढ़ रुपये लगेगा उपकर आपका फैसला के शब्द हैं डेढ़ साल में देश का बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनेगा हिमाचल

दिव्य हिमाचल ने लिखा है खाद्य आपूर्ति विभाग ने इंकम टैक्स देने वाले सरकारी कर्मियों को दिया झटका इम्युनिटी बूस्टर सीबकथोर्न के लिये चीन का विकल्प बनेगा हिमाचल शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है फरीदाबाद की कम्पनी ने हिमाचल सरकार को लिखा पत्र हिमाचल दस्तक की खबर है विधानसभा में विधायकों के बीच अब शीशे की दीवार कोरोना संक्रमण से बचने को विधानसभा अध्यक्ष ने लगवाई पॉली कोर्बोनेट शीट दिव्य हिमाचल ने लिखा है केन्द्र सरकार ने हिमाचल में मुफ्त कोरोना जांच से पीछे खींचे हाथ देश के लिये बलिदान देने वालों के लिये सिर्फ एक बार ट्वीट होता है और फिर भुला दिया जाता है शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है शहीद के पिता की याचिका पर राष्ट्रपति ने लिया एक्शन हिमाचल दस्तक के मुताबिक पीटीए पैट और पैरा टीचर्स की अधिसूचना आज संभव मौसम पर दैनिक भास्कर की एक खबर है हिमाचल प्रदेश में धीमी पड़ी माूनसून की चाल उमस भरी गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें